मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं

सातवें चरण में उत्तर प्रदेश और पंजाब में तेरह तेरह पश्चिम बंगाल में नौ बिहार और मध्य प्रदेश में आठ आठ हिमाचल प्रदेश की सभी चार झारखण्ड में तीन और चंडीगढ़ में एकमात्र सीट के लिए मतदान होगा चुनाव आयोग ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के लिये सुरक्षा के कडे प्रबंध किये है सभी लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव पर्यवेक्षक और निगरानी टीमें सभी गतिविधियों पर नजर रखे हुए है

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकांताराव ने बताया कि सभी आठ संसदीय क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है

यहां से भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव चुनाव मैदान में हैं इसके अलावा इन्दौर में कांग्रेस प्रत्याशी पंकज सिंघवी का मुकाबला भाजपा के शंकर लालवानी के बीच है रतलाम खरगोन सीटों पर भी लोगों की नजर बनी हुई है हमारे धार संवाददाता ने बताया कि लोकसभा क्षेत्र में स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराये जाने के लिये सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है विधानसभा मुख्यालयों पर मतदान दलों को मतदान सामग्री प्रदान कर सभी को रवाना किया गया है मतदान दलों और सेक्टर अधिकारियों के वाहन जीपीएस से युक्त होंगे जिले में बाहरी व्यक्तियों को सीमा से बाहर किये जाने की कार्यवाही की जा रही है जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह ने बताया कि कल सुबह सात बजे से मतदान शुरू होगा

देवास संवाददाता ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत देवास सोनकच्छ और हाटपीपल्या विधानसभा क्षेत्र और खंडवा संसदीय क्षेत्र की बागली विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिये सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गयी है मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गयी है

खंडवा लोकसभा में दो हजार तीन सौ सत्तर मतदान केन्द्रों पर मतदान शुरू होगा

स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे

इस बातचीत को आज रात साढ़े आठ बजे से भोपाल इंदौर और खंडवा आकाशवाणी केन्द्रों से सुना जा सकता है वहीं कांताराव ने कल होने वाले मतदान में बढ चढकर मतदा करने की अपील की है

आयोग ने इन रिर्पोटों को अनावश्यक करार देते हुए कहा कि ये ऐसे समय आयी है जब देश भर में सभी मुख्य चुनाव अधिकारी और आयोग के वरिष्ठ अधिकारी मतदान के आखिरी चरण और मतगणना की जोर शोर से तैयारियों में लगे है वहीं चुनाव आचार संहिता के उल्लंधन के मामलों में फैसला लेने वाली बैठकों से निर्वाचन आयुक्त अशोक लबांसा के अलग होने के बारे में मीडिया रिपोर्ट पर कांग्रेस ने सरकार की कड़ी आलोचना की है एक बयान में पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इन बैठकों से लबासा के अलग होने के बारे में मीडिया की एक रिर्पोट का हवाला दिया था जिसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने कुछ मामलों में लबासा की असहमति को रिकार्ड नहीं किया इसलिए उन्होंने इन बैठकों से अपने को अलग कर दिया बुद्ध पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा आज देश के विभिन्न भागों में श्रद्धापूर्वक मनायी जा रही है बिहार में मुख्य समारोह बोधगया में महाबोधि मंदिर में आयोजित किया गया जहां भगवान बुद्ध ने पवित्र बोधि वक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था वहीं प्रदेश के सांची में भी इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गयी शोभा यात्रा स्टेशन रोड़ से प्रारंभ होकर प्रमुख मार्गों से होती हुई सांची स्तूप परिसर पहुंची जहां भगवान बुद्ध की विशेष पूजा अर्चना की गयी